और पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह से हो रही है बारिश

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है एम्स में अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जायेगा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आईसीएमआर ने इसकी मंजूरी दे दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार प्लाज्मा पद्धति से कोरोना संक्रमण का इलाज पटना के एम्स में करायेगी उन्होंने कि जिन लोगों ने इस पद्वति से इलाज के लिए आवदेन दिया है उन्हें अनुमति दी जा रही है वहीं पटना एम्स की विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर नेहा सिंह ने बताया है कि इस इलाज में मरीज जिस ब्लड ग्रूप का होगा उसे उसी ब्लड ग्रूप का प्लाज्मा दिया जायेगा देश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आज से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेकस को खोलने की अनुमति नहीं होगी नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकान मल्टीब्रेंड और सिंगल ब्रेंड मॉल तथा हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में भी दुकानें नहीं खुलेगी बाईट राहरी क्षेत्रों मेंसमी एकल दुकानों आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलनेकी अनुमति दी गई है वाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमतिनही है ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यकवस्तुओं की ही विक्री करने की अनुमति है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रेस्त्रां सेलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी यह भी स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया डाक विभाग पांच सौ किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में बाईस मार्गों पर राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के जरिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा इस पहल से देश में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि डाक विभाग देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के पार्सल डिलीवर करने में सक्षम है बाईट संकट के इस दौर में केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रोत्साहित करते हुए कुछ नया सोचने और करने को कहा नतीजतन मुख्य रूप से शहरों के अंदर डिलीवरी के लिए उपयोग किये जाने वाले विभागीय वाहनों के मौजूदा बेडे के साथ एक सड़क नेटवर्क शुरू करने का विचार सामने आया

साथ ही विभाग आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से घरों तक नकदी पहुंचा रहा है सुपर्णा सैकिया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली इस बीच डाकघर का इंडिया पोस्ट लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को तत्काल सहायता पहुंचा रहा है इंडिया पोस्ट के बिहार सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान एक अप्रैल तक बिहार सर्किल ने एक लाख चौरासी हजार गरीब विधवा असहाय दिव्यांग और अन्य जरूरतमंदों तक अड़तीस करोड़ रुपये पहुंचाए हैं श्री कुमार ने बताया कि बिहार में किसान सम्मान उज्ज्वला और छात्रवृत्ति योजना के चार लाख लाभुकों को अस्सी करोड़ रुपये तथा जरूरतमंदों को एक एक हजार रुपये की सहायता राशि नकद प्रत्यक्ष अंतरण डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई है सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को इक्कीस अक्टूबर तक छह महीने के लिये जन उपयोगी सेवा घोषित किया है बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद इक्कीस अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के अठाईस नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो सौ इक्यावन हो गयी है पटना में सात कैमूर में छह बक्सर में पांच मुंगेर में तीन रोहतास में दो अरवल भोजपुर सारण गया और वैशाली में एक एक संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं भागलपुर बांका और शिवहर के छह प्रवासी मजदूरों में भी संक्रमण मिला है पीड़ित मरीजों में से अब तक छियालीस को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है वहीं कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है इधर एक सौ इक्यानवे मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है संक्रमण का फैलाव अब राज्य के इक्कीस जिलों तक हो गया है इधर घर घर सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक इकहत्तर लाख पच्चीस हजार से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है सर्वे के दौरान सर्दी खांसी और बुखार वाले दो हजार पांच सौ छब्बीस लोगों की पहचान हुई है इनमें से एक हजार आठ सौ नब्बे लोगों के नमूने एकत्र कर लिये गये हैं

वहीं इलाज के बाद पांच हजार आठ सौ चार लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं इस महामारी से देशभर में अब तक आठ सौ चौबीस लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य के अड़तीस में से तेरह जिलों में घर घर स्क्रीनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है इस दौरान तीन करोड़ अस्सी लाख लोगों की जांच की गयी है जिसमें से दो हजार चार सौ से अधिक व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण पाये गये हैं इनमें से उन्नीस सौ लोगों के नमूने जांच के लिए लिये गये हैं राज्य सरकार ने बिहार के बाहर से आये लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीनों तक लगभग बीस करोड़ परिवारों को एक एक किलोग्राम दाल दिये जा रहे हैं इस योजना के तहत नैफेड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पांच दशमलव आठ लाख टन दाल का वितरण करेगा इस दाल का वितरण अगले तीन महीने के दौरान राशन की सरकारी दुकानों से होगा राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश पहले चरण में तीन महीनों की दाल का वितरण करेंगे लॉकडाउन के दौरान सरकारी प्रयासों से लाभान्वित लोगों के अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं जमुई के शशिभूषण प्रसाद ने खाद्यान मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया

इसके अलावा मेरा छह यूनिट है तीस किलो अनाज फ्री मिला जिससे मेरा परिवार आनंदपूर्वक खा पी रहा है इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं रोहतास के किसान जगनारायण पांडेय ने किसान सम्मान निधि से मिली सहायता पर खुशी व्यक्त की है

बाईट कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोच कि ये हमें असर नहीं करेगा हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इंफेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है तो इसलिए मैं सारे लोगों से सारे वर्गों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें केन्द्र सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय कर रही है हमारे संवाददाता ने कहा है कि किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किये जाने के बाद से अब तक एक लाख पचास हजार से अधिक किसानों और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है बाईट लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लांच किया गया था ताकि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने में परिवहन की कोई दिक्कत न हो यह ऐप देशभर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद जैसे अनाज फल और सब्जियां बांस और नारियल को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहा है इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं इस ऐप को गुगल प्ले स्टोर से कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है यह आठ भाषाओं में उपलब्य है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र की शुरूआत जुलाई के बजाये सितम्बर महीने से शुरू करने की बात कही है लॉकडॉउन से जुड़े मामलों पर अपनी सिफारिश देने के लिए यूजीसी ने दो समिति का गठन किया था केन्द्र सरकार ने उनतीस बीमा और नौ प्रतिभूति कंपनियों को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आधार सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है राजस्व विभाग ने इन कंपनियों को अनुमति देते हुये कहा है कि उन्हें आधार अधिनियम के अनुसार सुरक्षा और निजता उपाय मानकों का पालन करना होगा

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के दौरान मध्रबनी शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर दरभंगा और पूर्वी चम्पारण समेत आस पास के जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से चलने वाली हवाओं में काफी नमी है इससे हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी हो रही जिसका असर राज्य पर पड़ रहा है

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कोरोना महामारी से मुकाबले में सांसदों विधायकों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए संसद भवन में स्थापित नियंत्रण कक्ष ने काम करना शुरू कर दिया है नियंत्रण कक्ष का उद्देश्य कोविड उन्नीस महामारी के दौरान तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए सांसदों विधायकों और आम जनता के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करने में मदद करना है

भोजप्र जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में क्ल्हड़िया स्थित क्वारंटाइन सेंटर के पास से पुलिस ने नशे में धुत एक नाजिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है पश्चिम चम्पारण जिले के साठी थाना क्षेत्र के भतौड़ा गांव के टेढ़ा घाट प्रल से पुलिस ने पन्द्रह किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने गृह मंत्रालय के गली मोहल्लों में दुकानों के खोलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रिहायशी क्षेत्रों की दुकानें खुलेंगी दैनिक जागरण ने उद्योग चैम्बर एसोचैम के हवाले से लिखा है चौदह लाख करोड़ के पैकेज की होगी दरकार दैनिक भास्कर लिखता है पटना एम्स में भी प्लाजमा थेरेपी जो ठीक हो च्रके उनकी मदद से अब होगा कोरोना का इलाज प्रभात खबर ने पंजाब से कबूतरबाजी के जरिये बिहार व उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर को बड़ी खबर बनाया है दैनिक आज की बड़ी सुर्खी है दुनियाभर में कोरोना से दो लाख मरे अमेरिका में नौ लाख से ज्यादा मरीज

और पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में सुबह से हो रही है बारिश